हिंसा का सहारा लेकर समाधान चाहने वालों से मुख्यधारा में लौटने का आह्वान किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंसा से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता है उन्होंने कहा कि हिंसा का सहारा लेकर कोई दूसरी समस्या खड़ी करने से बेहतर है कि मुद्दों को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश की जाए आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जिन्होंने समस्याओं को सुलझाने के लिए हथियार उठाए थे अब वे भरोसा करते हैं कि विवाद को केवल शांति और मिलकर सुलझाया जा सकता है

देश के किसी भी कोने में अब भी हिंसा और हथियार के बल पर समस्याओं का समाधान खोज रहे लोगों से अपील करता हूं कि वे वापस लौट आएं मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में अपनी और इस देश की क्षमताओं पर भरोसा रखे प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण में बढ़ती जन भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसके लिए देश के प्रत्येक हिस्से में व्यापक स्तर पर नए तरीके के प्रयास जारी हैं बाइट मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले मानसून के समय शुरू किया गया जल शक्ति अभियान जनभागीदारी से अत्यधिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है बड़ी संख्या में तालाबों पोखरों आदि का निर्माण किया सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में समाज में हर तबके के लोगों ने अपना योगदान दिया प्रधानमंत्री ने तीसरे खेलो इंडिया खेल के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने कहा कि इन खेलों में अस्सी से ज्यादा रिकॉर्ड बने इनमें से लड़कियों ने छप्पन रिकॉर्ड अपने नाम किए उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिला है

प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से बातचीत के अनुभव के बाद भरोसा जताया कि देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है

इसके लिए हर स्तर पर जो प्रयास देखने को मिल रहे हैं वे जोश और उत्साह से भर देने वाले हैं पिछले साल नवम्बर में शुरू हुई फिट इंडिया स्कूल की मुहिम भी अब रंग ला रही है

देश के बाकी समी स्कूलों से भी मेरा आग्रह है कि वे फिजिकल एक्टिविटी और खेलों को पढ़ाई के साथ जोड़कर फिट स्कूल जरूर बनें श्री मोदी ने बिहार के शैलेश का उल्लेख करते हुए मन की बात चार्टर साझा किया इसमें मन की बात कार्यक्रम के विभिन्न विषयों को दर्शाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक नया विचार है और लोग इसमें अपनी पसंद के विषय जोड़ सकते हैं

उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार आज जन पुरस्कार बन गए हैं राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है जिससे बिहार भी अछूता नहीं है गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए आम लोगों की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह उनके पूत्र और पूर्व विधायक सुमित सिंह सहित दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी में सहयोग करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है मूंगेर की पूलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि मूंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह का निजी सचिव बताकर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार कृणाल को संरक्षण देने के आरोप में यह वारंट जारी किया गया है उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में नरेन्द्र सिंह और उनके पुत्र तथा दो अन्य लोगों बजरंगी मेहता और पवन सिंह के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया है इधर आदेश जारी होने के बाद सुमित सिंह ने कहा है कि उनको और उनके पिता को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है उन्होंने कहा कि यदि आरोप साबित होता है तो वे राजनीति से सन्यास ले लेंगे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में छूटे लोगों को शामिल करने के लिए आज से प्रदेश में एक महीने तक विशेष अभियान चलेगा प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित शिविरों के माध्यम से साठ वर्ष से अधिक उम्र के पात्र व्रद्धजन योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन के समय आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आधार से जुड़े बैंक पासबुक की छाया प्रति आधार के उपयोग और बैंक सीडिंग से संबंधित सहमति पत्र तथा दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो देना होगा तेज पछ्आ हवा और नमी बढ़ जाने के कारण दिन में धूप खिलने के बावजूद लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है मौसम विभाग के अनुसार अभी भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हवा की रफ्तार में कमी आने से औसत तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी गया जिले के बाराचट्टी के बरवाडीह स्थित कोबरा बटालियन केंप में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गम्भीर रूप से झुलस गये मृतक सुमन कुमार जिले के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के बोकनारी कलां गांव के रहने वाले थे पूर्णियां जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पूलिस ने लूटपाट करने वाले एक गिरोह के छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है मौके से तीन मोटरसाईकिल दो देशी पिस्तौल कारतूस नकद रूपये और दस मोबाईल फोन भी बरामद किये गये हैं मोतिहारी स्थित एक निजी बैंक में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में रांची से पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से चार पिस्तौल और दो मोटरसाईकिल भी बरामद किये गये हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान हुये सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गयी नालंदा जिले के परवलपुर प्रखंड के मई गांव में एक डम्पर की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार तीन युवकों की मौत हो गयी सभी मृतक एक ही परिवार के बताये जाते हैं वहीं नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के गोवर्द्वन मंदिर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी दूसरी तरफ पूर्वी चम्पारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गया

हिंसा का सहारा लेकर समाधान चाहने वालों से मुख्यधारा में लौटने का आह्वान किया